प्रधानमंत्री ने उदघाटन समारोह में कहा कि गंगा नदी उत्तराखंड में उदगम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक देश की आधी आबादी के जीवन को समृद्व बनाती है इसलिए गंगा की निर्मलता जरूरी है

यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है प्रधानमंत्री ने गंगा को समर्पित पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया श्री मोदी ने कहा कि पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते हुए जलजीवन मिशन चलाया जा रहा है मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद ने आज कृषक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को राज्य सरकार एक साल में दो बार चार हजार रुपये सम्मान निधि के रूप में देगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल कैबिनेट में प्रदेश के करीब सत्रह हजार पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई कैबिनेट ने राज्य के करीब एक दर्जन स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन का भी निर्णय लिया है

तीन नवंबर को मतदान होगा और दस तारीख को नतीजे घोषित किये जायेंगे

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा इसके लिये कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है

गंदगी भारत छोड़ो अभियान प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश अभियान में इंदौर नगर निगम ने प्रदेष में पहला स्थान हासिल किया है जबकि भोपाल चौथे नंबर पर रहा प्रदेष में इस अभियान के तहत नगरीय निकायों की स्वच्छता संबंधी कार्यप्रणाली के साथ अधिकारियों और आम नागरिकों से षहरों की स्वच्छता पर राय ली गयी थी

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने के आह्वान पर प्रदेश के सभी शहरों में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया था कला भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आज से विभिन्न कलाओं पर आधारित गमक समारोह का आयोजन किया जा रहा है समारोह का शुभारंभ राज्य की पर्यटन एवं अध्यात्म और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर करेगी ग्यारह अक्टूबर तक चलने वाले इस समारोह के आज पहले दिन सुप्रसिद्व शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली का गायन होगा

मौसम प्रदेश में सुबह हल्की ठण्डक महसूस होने लगी है मौसम केन्द्र के अनुसार नमी कम होने और हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाने के कारण सुबह हल्की सर्दी पड़ने लगी है भोपाल में रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है

हवाओं के रुख में आये बदलाव से अब जल्दी ही प्रदेश से मानसून की विदाई भी होने लगेगी अमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से मानसून लौटने लगा है मौसम केंद्र के अनुसार अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में राज्य से मानसून जाने लगेगा और सर्दी बढ़ने लगेगी